सरकार परामर्श दुकान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने द्वकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत क्छ श्रेणियों की द्वकानें खोलने का फैसला किया है आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित द्कानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की द्वकानें तीन मई तक बंद रहेंगी संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी यह छूट लागू नहीं होगी

जबलप्र में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हए आज से तीन दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है

दल गठन इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए दो सौ से अधिक दल गठित कर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की खोज और जाँच की जा रही है कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अभी यह संख्या जरूर बढ़ रही है मगर एक सप्ताह बाद यह संख्या घटना श्रू हो जायेगी हम कोरोना योध्दाओं और नागरिकों के सहयोग से एक महीने में हम इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेंगे

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मीना की हिम्मत और जज्बे की सराहना की है केंद्रीय मदद फ्लैगशिप कोरोना संक्रमण को देखते हए जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं गरीबों को संबल दे रही हैं मंडला जिले में इन योजनाओं के तहत गरीबों के खाते में राशि डाली गई है

श्री चौहान ने इस बारे में उत्तरप्रदेश राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की है इन राज्यों के म्ख्यमंत्रियों अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है

उधर खंडवा और हरसूद में काम के लिए आए प्रवासी मजद्रों को कल उनके ग़ह जिलों सतना डिंडोरी बैतूल ग्वालियर और रीवा के लिए विशेष वाहनों से भेजा गया राहत भरी खबर इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग में अब राहत भरी खबरें मिलने लगी हैं

अब विदिशा के सभी संक्रमित ठीक होकर घर लौट च्के हैं रमज़ान आज रमजान का पहला रोजा है कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमज़ान का महीना श्रू हो गया दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्खारी ने इसकी घोषणा की शाही इमाम ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की अपील की है उन्होंने लोगों से कहा कि वे रमज़ान के दौरान नमाज़ के लिए अपने पड़ोसियों को घर पर न ब्लाएं और यह भी स्निश्चित करें कि परिवार में भी नमाज अता करते समय एक कमरे में तीन से ज्यादा लोग न हों इधर प्रदेश में भी सादगी के साथ रमजान के महीने की श्रूआत हुई

इंदौर खंडवा दतिया सतना और उमरिया में भी कल से रमजान का पर्व सादगी और संजीदगी के श्रु हआ